राज्य विधानसभा में मॉबलिंचिंग रोकने और अन्य पिछड़ा वर्ग को सत्ताइस प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी संशोधन विधेयक पेश भाजपा शासनकाल में पौधरोपण के लिए हुए पांच सौ करोड़ रुपये व्यय के मामले में विधानसभा अध्यक्ष ने दिये जांच के निर्देश प्रदेश के शहडोल जबलपुर ग्वालियर और भोपाल संभागों के कुछ जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना

कर्नाटक विधानसभा में कल एच डी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के विश्वासमत पर फैसला होना है प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार खुद तय की गई समयसीमा के भीतर बागी विधायकों के इस्तीफे पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं न्यायालय ने यह भी कहा कि अध्यक्ष का फैसला उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाए उच्चतम न्यायालय के फैसले पर प्रतिकिया व्यक्त करते हुए कर्नाटक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी एस येदुरप्पा ने कहा है कि यह संविधान लोकतंत्र और बागी विधायकों की नैतिक जीत है उधर कर्नाटक कांग्रेस ने इस फैसले का स्वागत किया है

विधानसभा में आज गाय के नाम पर होने वाली मॉबलिंचिंग को रोकने संबंधी देश का पहला विधेयक प्रःस्थापित हुआ वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग को मिल रहे आरक्षण की सीमा बढ़ाकर सत्ताइस प्रतिशत करने संबंधी संशोधन भी पेश किया गया आज से ही बजट पर विभागवार अनुदान मांगों पर भी चर्चा शुरू हुई विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत भारतीय जनता पार्टी के अन्य विधायकों ने राजधानी भोपाल में कल एक बच्चे की मौत के खुलासे सहित समूची कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग की साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतक बालक के घर के पास ही रहने वाले आरोपियों की तलाश पुलिस द्वारा कई घंटों तक नहीं कर पाने को मुद्दा उठाते हुए सरकार पर कई आरोप लगाये इस पर अध्यक्ष एन पी प्रजापति ने कहा कि विपक्ष प्रश्नकाल चलने दे इसी बीच भाजपा के सदस्यों ने लगातार अपनी मांग उठाते हुए हंगामा शुरु कर दिया बाला बच्चन गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा है कि दतिया जिले में आपराधिक घटनाओं के सिलसिले में जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी श्री बच्चन ने ध्यानाकर्षण सूचना पर दतिया जिले में आपराधिक घटनाएं बढ़ने के मामले में यह आश्वासन दिया अध्यक्ष एन पी प्रजापति ने भी कहा कि इन आपराधिक घटनाओं के मामले में अधिकारियों को लेकर कई प्रश्नचिन्ह लगते हैं और इसके मद्देनजर मंत्री को आवश्यक कदम उठाने चाहिए

इस निर्णय से देश में विशेष बांधों के लिए सुरक्षा प्रकिया में समानता का मार्ग प्रशस्त होगा इस विधेयक के पारित होने पर पांच हजार छह सौ से अधिक बांधों पर इसका असर पड़ेगा जिससे ये बांध समान सुरक्षा नियमों के अधीन आ जायेंगे

इस विधेयक का उद्देश्य देश में चिकित्सा शिक्षा प्रशासन में पारदर्शिता जवाबदेही और गुणवत्ता बढ़ाना है

संचालक मंडल के सदस्यों की संख्या मौजूदा सात से बढ़ाकर बारह करने का भी प्रस्ताव किया गया है स्तृति केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कुपोषण के उन्मूलन के लिए केंद्रीय मंत्रालयों राज्य सरकारों और पंचायती राज संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करने पर बल दिया है

उन्होने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य चरणबद्द ढंग से देश में कृपोषण को कम करना है उन्होंने बताया कि कुपोषण की रोकथाम के उद्देश्य से किशोरियों के लिए प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के साथ साथ अन्य मंत्रालयों के अनेक उपायों के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं

उन्होंने वित्त एवं योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री तरुण भनोत से इस मामले की व्यापक जांच कराने और सभी बड़े लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की उधर विपक्ष के नेता गोपाल भार्गव ने इस मामले में चुनौती देते हुए कहा कि सरकार इस पूरे मामले की जांच करा ले वृत्ति कर वाणिज्यिक कर मंत्री बुजेन्द्र सिंह राठौर ने कहा है कि वृत्ति कर समाप्त किये जाने के संबंध में वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है विधानसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में उन्होने बताया कि पेट्रोल डीजल ए टीएफ नेचुरल गैस एवं मानव उपभोग की मदिरा पर वेट और इनके अतिरिक्त सभी वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी लागू है इनकी दरें कम करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है जनसंवाद शिवपुरी जिले में नशे के खिलाफ लोगों को जागरुक करने के उद्देश्य से पुलिस विभाग द्वारा जनसंवाद अभियान चलाया जा रहा है अभियान के तहत नशे से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को जागरुक किया जा रहा है शिविर शहरों में ही नहीं ग्रामीणस्तर पर भी लगाया गया है शिवपुरी जिला पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने आकाशवाणी को बताया कि विशेष रेल रेल प्रशासन ने भोपाल के हबीबगंज से गुवाहाटी तक एक विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है

इस बीच यह ट्रेन होशंगाबाद इटारसी पिपरिया नरसिंहपुर जबलपुर से होती हुई गुवाहाटी पहुंचेगी

मौसम पिछले चौबीस घण्टों के दौरान प्रदेश के जबलपुर रीवा और चंबल संभागों के जिलों में कहीं कहीं बारिश हई वहीं शेष संभागों के जिलों में मौसम शुष्क रहा मौसम विभाग ने अगले चौबीस घण्टों के दौरान उमरिया अनूपपुर शहडोल डिण्डौरी रीवा सतना सिंगरौली मुरैना भिण्ड और रायसेन जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है

इस दौरान जनसुनवाई और बैठक की जायेगी

कार्यक्रम में स्कूली विद्यार्थियों को यातायात के नियमों की जानकारी दी गई